देशभक्ति नेतत्व क्षमता अनुशासन और कठिन परिश्रम को अपने जीवन का हिस्सा बनाये उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र में सरकार गठन से जुड़ी याचिका पर कल फिर करेगा सुनवाई सभी पक्षों से तलब किये दस्तावेज

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एनसीसी दिवस पर आज देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि एनसीसी देशभक्ति नेतृत्व क्षमता निस्वार्थ सेवा अनुशासन और कठिन परिश्रम की भावना जगाती है उन्होंने लोगों से इन सब को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आहवान किया है

जब हम वीर शहीदों और उनके बलिदान को याद करते हैं उन्होंने इस दिन प्रत्येक नागरिक की सहभागिता का भी आहवान किया श्री मोदी ने फिट इंडिया सप्ताह मनाने के लिये केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सराहना करते हुए सभी स्कूलों से दिसम्बर में फिट इंडिया सप्ताह मनाने की अपील की उन्होंने कहा कि इससे फिटनेस की आदत हमारी दिनचर्या में शामिल हो जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कार्यक्रमों में शिक्षक और माता पिता भी शामिल हो सकते हैं महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने देवेन्द्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कल तक के लिये टाल दी है इस पर सोमवार सुबह साढ़े दस बजे फिर सुनवाई होगी आज हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे दस्तावेज तलब किये हैं

शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय में कल रात याचिका दायर की थी

उधर मुम्बई में आज भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहीं भारतीय जनता पार्टी के अलावा शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपने अपने विधायकों के साथ बैठक की जोशी निघन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का आज भोपाल के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया

उनकी पार्थिव देह को आज शाम उनके भोपाल स्थित निवास पर लाया गया जहां बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की राज्य सरकार ने उनके निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और इस दौरान शासकीय आयोजन नहीं होंगे श्री जोशी की देह कल सुबह साढ़े नौ बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय परिसर में अंतिम दर्शन के लिये रखी जायेगी यहां से श्री जोशी की देह को साढ़े दस बजे गृह नगर हाटपिपलिया ले जाया जायेगा जहां दोपहर तीन बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह नरेन्द्र सिंह तोमर थावरचंद गहलोत प्रहलाद पटेल फग्गन सिंह कुलस्ते भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा उपाध्यक्ष प्रभात झा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति उपाध्यक्ष हिना कांवरे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह सहित अनेक नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है

सामूहिक दुआ के साथ कल इसका समापन होगा देश विदेश से कई जमातें और हजारों लोग इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं इज्तिमे में उलेमाओं की तक़रीरे हो रही हैं जिनमें तालीम के साथ ही लोगों को बेहतर जिन्दगी जीने के तरीकों की जानकारी दी जा रही है मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आज इज्तिमा स्थल पहुंचे जहां उन्होंने इस आयोजन में शिरकत कर रहे लोगों का इस्तकबाल किया इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील भी मौजूद थे

भारतीय सरजमीं पर गुलाबी गेंद से खेले गए इस पहले रात के टैस्ट मैच में भारत ने घरेलू सरजमीं पर लगातार बारहवीं जीत दर्ज की है यह भारत की पारी के अंतर से लगातार चौथी जीत है भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का पहला देश है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

प्रभारी मंत्री आरिफ अकील भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे

इस अवसर पर कलेक्टर डॉ श्रीनिवास शर्मा सहित कई अधिकारियों ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया